मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बैड़स उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त उपलब्धता है उदयोगों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिलेगी श्री चौहान ने आगामी त्यौहारों पर विशेष सावधानी बरतने और सर्दी के मौसम के लिए सभी जिलों में कोरोना संबंधी पूरी तैयारी रखने के निर्देश सभी कलेक्टर्स तथा संबंधित अधिकारियों को दिए

ये सभी पेयजल योजनाएँ चुनाव अप्रभावित जिलों की हैं जिन जिलों में उप निर्वाचन हैं वहाँ के कार्य शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं किये गये हैं

सागर की सुरखी सीट से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और बसपा प्रत्याशी गोपाल अहिरवार ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं सांची विधानसभा उपचुनाव के लिये दो नामांकन भरे गये कांग्रेस के प्रत्याशी मदनलाल चौधरी और निर्दलीय कमल सिंह तिरपालिया ने पर्चा दाखिल किया छतरपुर की बड़ामलहारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने नामांकन जमा किया वहीं अनूपपुर में तीन अभ्यर्थीयों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किये मंदसौर जिले की सुवासरा सीट से कांग्रेस उम्मीद्वार राकेश पाटीदार ने आज डमी नामांकन भरा वहीं इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने भी पर्चा दाखिल किया हालांकि दोनों ही उम्मीदवार पार्टी से बी फार्म मिलने पर दौबारा नामांकन दाखिल करेंगे

उन्होंने कोरोना के चलते सुरक्षित मतदान के लिये की जा रही विशेष व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए श्री जैन ने कहा कि मतदान केन्द्रों पर सामाजिक दूरी सेनेटाइजेशन दस्ताने मास्क हाथ धोने के लिये पानी और साबुन के इंतजाम सहित कोरोना संक्रमण रोकेने के सभी नियमों का ध्यान रखा जाए

शौर्य स्मारक वर्षगॉठ संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा शौर्य स्मारक की चतृर्थ वर्षगाँठ समारोह के रूप में मनाई जायेगी

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में आज सातवीं वाहिनी विसबल भोपाल के पुलिस बैण्ड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति होगी समारोह में कोरोना संक्रमण के लिये जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हए दर्शकों का प्रवेश निशुल्क रहेगा जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

आज दुबई में डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा

जिसमें जिला कलेक्टर ने प्रत्येक बसाहट में पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय साहित्य प्रकाशन के साथ छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना अकादमी का मुख्य लक्ष्य रहेगा

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार